नारायणपुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठमेड़ में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान शहीद प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई

इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर अपने जिले के कोरोना संक्रमित क्षेत्र में स्थिति की गंभीरता के आधार पर लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि रायपुर दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में जहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है वहां लॉकडाउन की अवधि को छह अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति से संबंधित जानकारी दी इसके आधार पर ही लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले करीब एक महीने से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है इस स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही बीते बाईस जुलाई से प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक बार फिर लॉकडाउन घोषित किया गया था आज की बैठक में राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया लॉकडाउन जिला कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सघन जांच अभियान शुरू किया है वहीं शहर में पुलिस द्वारा हर दिन शाम को पलैग मार्च निकालकर आम लोगों को कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की जा रही है जिले के घोड़ा गांव में चेकपोस्ट लगाकर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच भी की जा रही है इस बीच नारायणपुर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज शहर का भ्रमण कर लॉकडाउन का जायजा लिया उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और अनुमति प्राप्त दुकानों को निर्धारित समय पर बन्द कराने और इसका उल्लंघन करने वालो पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए वहीं बलरामपुर के जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने जिले के लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वे आवश्यक दिशा निर्देशो का पूरी गंभीरता से पालन करे गौरतलब है कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले में अब तक एक सौ छियासी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनमें से एक सौ सड़सठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है कल रविवार की देर रात तक प्रदेश में कोरोना के चार सौ उनतीस नये मरीज मिले इनमें से एक सौ निन्यानवे मरीज अकेले रायपुर में ही पाए गए वहीं दुर्ग में कल रात तक चौरासी बिलासपुर में बाईस बस्तर में इक्कीस बलौदाबाजार में अट्ठारह और राजनांदगांव जिले में उन्नीस नये कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए इनके अलावा कांकेर जांजगीर चांपा सूरजपुर बालोद और कबीरधाम जिलों में भी कोरोना के कुल तेईस नये मरीज मिले हैं वहीं बीजापुर और दंतेवाड़ा में कल रात कोरोना के ग्यारह ग्यारह नये मरीज मिले थे बेमेतरा मुंगेली महासमुंद कोरिया कोरबा और धमतरी में भी कुल ग्यारह कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी कल देर रात तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या चवालीस हो गई है इस बीच प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न जिलों में स्थानीय प्रशासन ने लोगों के बिना वजह घूमने और सड़कों पर निकलने पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है वहीं पुलिस और प्रशासन द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने को भी कहा जा रहा है इस बीच आज कबीरधाम जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ कैंप में पदस्थ एक जवान कोरोना संक्रमित पाया गया वहीं दुर्ग जिले में बीएसएफ के एक जवान सहित सोलह कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उधर कोरबा कलेक्टोरेट परिसर में स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ एक लिपिक कोरोना पोजेटिव पाया गया जीएसटी कार्यालय राजधानी रायुपर के जीएसटी कार्यालय में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के तत्काल बाद ही बीते बीस जुलाई से कार्यालय भवन को बंद कर दिया गया है इसके बाद इस भवन को सेनिटाईज भी किया गया है मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी कार्यालय में कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए सात अन्य लोगों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है फिलहाल इस कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी घर से ही संपर्क में रहते हुए अपने कार्यों का संपादन कर रहे हैं कोरोना एंबुलें स प्रदेश में कोरोना संक्रमण के इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटने वाले मरीज अब एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य वाहन से घर जा सकेंगे यदि मरीज स्वयं के वाहन से घर जाना चाहें तो उन्हें इसकी भी अनुमति दी जाएगी प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था के लिए सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है कोरोना वॉरियर्स दुर्ग प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान गरीबों और कमजोर वर्गो की विभिन्न प्रकार से मदद करने वाले कोरोना योद्वाओं के सेवाकारियों का दस्तावेज तैयार किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में पहल करते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कोरोना योद्दाओं की जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ने पिछले दिनों देशवासियों से यह अपील की थी कि देशभर में हर मंडल जिला और प्रदेश स्तर पर कोरोना योद्वाओं के सेवा कार्यों पर केंद्रित डिजिटल बुक तैयार किया जाना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी इन्हें देखकर और पढ़कर सेवा भावना की प्रेरणा ले सके इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भिलाई भाजपा अध्यक्ष राजमहंत सांवलाराम डाहरे ने जिले में डिजिलट बुक के प्रभारी के रुप में भाजपा के जिला महामंत्री खिलावन साहू उपाध्यक्ष संजय खन्ना और आईटी प्रकोष्ठ के संयोजक संतोष सिंह तथा सह संयोजक आदित्य भगत को डिजिटल बुक बनाने की जिम्मेदारी दी है सूखा राशन पुस्तक वितरण प्रदेश के सभी स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत पैंतालीस दिनों का सूखा राशन दिया जाएगा यह राशन बच्चों के पालकों को स्कूलों में बुलाकर या घर पहुंचाकर दिया जाएगा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि कोरोना संकट काल में स्कूलों के बंद रहने के दौरान चौदह जून से दस अगस्त तक पैंतालीस दिनों का मध्यान्ह भोजन देने के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में स्कूली बच्चों को सूखा चावल और कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक सामग्री दाल तेल और सूखी सब्जी भी दी जाएगी कक्षा पहली से आठवीं तक के उन बच्चों को जिनका नाम शासकीय शाला अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला अथवा मदरसा मकतब में दर्ज है उन्हें मध्यान्ह भोजन वितरित किया जाएगा डॉक्टर टेकाम ने अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता और उसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं वहीं कक्षा पहली से दसवीं तक के सभी पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी चौदह अगस्त तक किया जाएगा संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला ने कहा है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति से वंचित न रहे इसके लिए शाला संकुल विकासखंड और जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति के संबंध में ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाएगी

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि गोबर बेचने वाले पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि का भूगतान सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन किया जाएगा राज्य शासन ने यह भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी और गोबर की खरीदी तथा वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री से संबंधित संपूर्ण विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया जाएगा गौरतलब है कि इस योजना के तहत चुनिंदा स्व सहायता समूह गौठान समिति से गोबर प्राप्त कर उससे वर्मी कम्पोस्ट तैयार करेंगे तैयार वर्मी कम्पोस्ट गौठान समिति को बापस भेजा जाएगा जिसे कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति के माध्यम से खरीद सकेगा खरीफ फसल पानी राज्य मंत्रिमंडल ने आज यह निर्णय भी लिया है कि प्रदेश में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए जलाशयों से कल अट्ठाईस जुलाई से पानी छोड़ा जाएगा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए आवश्यकता और जलाशयों में पानी की उपलब्धता को देखते हुए अट्ठाईस जुलाई से ही पानी छोड़ने का निर्णय लिया है हाईकोर्ट फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि निजी स्कूल अब ट्यूशन फीस ले सकेंगे गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निजी स्कूलों के फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ इन स्कूलों के प्रबंधकों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने का आदेश दे दिया है अपनी याचिका में निजी स्कूलों ने कहा था कि ये स्कूल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं साथ ही यदि उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो वे अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन कैसे दे पाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि सीआरपीएफ देश की सुरक्षा में अग्रणी रहा है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति सीआरपीएफ जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है मुठमेड़ जवान शहीद नारायणपुर जिले में कल देर रात माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ का एक जवान शहीद हो गया वहीं इस मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के घायल होने की भी खबर है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत वैष्णव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि करियामेटा कैम्प से सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान पर निकले हुए थे इसी दौरान सीएएफ कैम्प के पास पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई करीब आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया बाद में माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर वहां से भागने में सफल हो गए गौरतलब है कि शहीद जवान जितेन्द्र बाकड़े बीजापुर जिले के मांझीगुड़ा का रहने वाला था और वह नारायणपुर जिले के करियामेटा कैम्प में पदस्थ था शहीद जवान के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से उनके गृहग्राम मांझीगुड़ा भेज दिया गया है इससे पहले जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की

एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक विशिष्ट वैज्ञानिक होने के साथ ही महान व्यक्तित्व के धनी थे उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर कलाम के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धाजंलि अर्पित की मिसाइल मैन के रूप में लोकप्रिय डॉक्टर कलाम का शिलांग में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते समय सत्ताईस जुलाई दो हजार पंद्रह को निधन हो गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी डॉक्टर कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने देश को अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाईल के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया हाथी आतंक महासमुंद जिले की पुरातात्विक नगरी सिरपुर में हाथियों का आतंक एक बार फिर देखा जा रहा है यहां हाथियों का दल दिनदहाड़े बस्तियों में विचरण कर रहा है वहीं इन हाथियों ने खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाया है वन विभाग को भी हाथियों के उत्पात का सामना करना पड़ा है कल हाथियों के झुंड ने सिरपुर में वन विभाग के डिपो के मुख्य द्वार को तोड़ दिया था वन विभाग के कर्मचारी इन हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुटे हुए हैं युवक आत्महत्या अंबिकापुर के बाबूपारा इलाके में चौंतीस वर्षीय युवक ने कल रात अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली बताया जाता है कि मृतक अंबिकापुर के स्थानीय कांग्रेस नेता का इकलौता पुत्र था सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गए घटना का कारण अमी स्पष्ट नहीं हो सका है पुलिस मामले की जांच कर रही है राजनांदगांव कार्रवाई राजनादगांव शहर में अवैध रूप से वाइटनर और सोलुशन बेचने वाली करीब बीस दुकानों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की नगर पुलिस अधीक्षक एमएस चन्द्रा ने बताया कि इन दोनों पदार्थो का इस्तेमाल अवैध तरीके से नशे के लिए भी किया जाता है वाइटनर का इस्तेमाल पुताई से पहले पेंट में मिलाने के लिए किया जाता है वहीं सोलुशन का इस्तेमाल गाड़ियों के पंचर बनाने में किया जाता है शहर में लगातार सोलुशन और वाइटनर की अवैध बिक्री की शिकायत मिल रही थी जिसके बाद बसंतपुर थाना प्रभारी ने संदिग्ध दुकानों पर छापे की कार्रवाई की इन दुकानों से बड़ी मात्रा में वाइटनर और सोलुशन जब्त किए गए हैं मौसम प्रदेश में अगले दो दिनों में एक बार फिर अच्छी वर्षा होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक द्रोणिका राजस्थान से लेकर मेघालय के बीच बनी हुई है इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भी अगले दो दिनों में विभिन्न स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें पड़ सकती है बीते चौबीस घंटों के दौरान बस्तर क्षेत्र के कुछ स्थानों के अलावा प्रदेश के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार मिले हैं वहीं अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है संक्षिप्त समाचार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक आज बिलासपुर जिले के मेढ़पार गांव पहुंचे

अंबिकापुर में पिछले वर्ष चोरी के आरोपी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में थानेदार समेत पांच पुलिसकर्भियों को निलंबित कर दिया गया था इस मामले में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने थानेदार समेत सभी पांच पुलिसकर्मियों को बहाल करने के निर्देश दिए हैं राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज और बिजली से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर भाजपा ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी हो रही है यदि इस का जल्द समाधान नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा समस्या बलरामपुर जिले के डिगनगर गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है बलरामपुर जिले के राजपुर इलाके के खेतों में जंगली जानवरों को रोकने के लिए लगाए गए बिजली तार करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई बेमेतरा जिले में नवागढ़ मार्ग पर आज दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए